इस योजना के अंतर्गत देश में दस करोड से अधिक परिवारों को हर साल पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में आयुष्मान मध्यप्रदेश योजना का शुभारंभ किया इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थांवरचन्द्र गेहलोत और ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे योजना का शुभारंभ जिलास्तर पर प्रभारी मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है

यह सुविधा चिहिन्त निजी और शासकीय अधिमान्य अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में मिलेगी इसमें महत्वपूर्ण जटिल बीमारियों का उपचार शामिल है नागरिकों की सुविधा के लिये जिला अस्पतालों में मरीजों की मदद के लिये आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति और कोयोस्क की स्थापना की गयी है योजना में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना सहित संबल और समग्र योजना के हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिलेगा अनंत चतुर्दशी आज अनंत चतुर्दशी है इसके साथ ही दस दिवसीय गणेश महोत्सव आज संपन्न हो जायेगा मुर्ति विसर्जन के लिए निकाली जाने वाली शोभायात्राओं की सभी तैयारियां पुरी कर ली गई हैं भोपाल के साथ ही प्रदेश के सभी प्रमुख घाटों पर विसर्जन की पूरी तैयारी कर ली गई है पुलिस ने भी सुचारू यातायात के लिये कई कदम उठाये हैं सतना जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन को देखते हए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जाने के साथ ही विसर्जन स्थल पर गोताखोरों को भी तैनात किया गया है मद्य निषेध प्रदेश में गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर से मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाएगा

इस दौरान विद्यार्थियों एवं समाज को नशीले पदार्थो और द्रव्यों के द्वष्परिणामों से अवगत कराया जायेगा सप्ताह में शासन के शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महिला बाल विकास परिवहन पुलिस खेल एवं युवक कल्याण स्कूल एवं उच्च शिक्षा सहित स्थानीय संस्थाओं द्वारा जनजागृति के कार्यकम आयोजित किये जायेंगे

कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ मास्ट ट्रेनरों को जिलों में संचालित ईको क्लब विद्यालय की गतिविधियों पर्यावरण संरक्षण की कार्ययोजओं के संबंध में जानकारी देंगे मोगली बाल उत्सव प्रदेश के चार राष्ट्रीय उद्यानों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और होशंगाबाद स्थित मढई राष्ट्रीय उद्यान में होगा

पात्र विद्यार्थियों की सुविधा की लिये राज्य शिक्षा केन्द्र ने ये निर्देश जारी किये हैं केन्द्र ने मैदानी अधिकारियों से सभी पात्र विद्यार्थियों से आवेदन लेने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है

श्री मोदी ने एक टवीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी एप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है

मौसम बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर उज्जैनजबलपुरहोशंगाबादभोपाल ग्वालियर और चंबल संभागों में बारिश दर्ज की गयीं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटो के दौरान ग्वालियर उज्जैन और चंबल संभाग में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है वहीं भोपाल होशंगाबाद इंदौर सागर जबलप्र रीवा शहडोल संभागों में भी बारिश होने की संभावना है

कम वर्षा वाले जिलों की संख्या नौ है सर्वाधिक वर्षा उमरिया में और सबसे कम अलीराजपुर में दर्ज की गई है समाचार संक्षेप में सतना जिले में भी अब बिजली उपभोक्ता अपनी बिजली संबंधी शिकायत स्मार्ट फोन द्वारा एप के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे